बिहार में चार लाख उनतालीस हजार स्वास्थ्यकर्मियों को फ्री वैक्सीन दी जायेगी

विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं चलेंगी और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में ठंड और कनकनी में वृद्धि

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने विकसित किया है वहीं कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्ट्राजेनिका ने विकसित किया है और सीरम इंस्टिच्यूट भारत में इसका उत्पादन हो रहा है माना जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जल्द ही दोनों वैक्सीन पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुये इनके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिये सहमति दे सकता है इस बीच बिहार में सभी स्वास्थ्यकर्मी को फ्री वैक्सीन देने का फैसला किया गया है पटना में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के ड्राई रन का शुभारंभ करते हुये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि पहले चरण में चार लाख उनतालीस हजार स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दी जायेगी इसमें स्वास्थ्य विभाग के तीन लाख बासठ हजार निजी क्षेत्र के बहत्तर हजार तीन सौ इकहत्तर और केन्द्र के पांच हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी की सूची तैयार की गई है श्री पाण्डेय ने बताया कि किसी भी दिन वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो सकता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाया जायेगा इसमें एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और दो करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मी शामिल हैं पहले चरण में देश में तीस करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सत्ताईस करोड़ लोगों को जुलाई तक टीका लगाने की तैयारी है इनमें पचास से अधिक और कम आयु के वे लोग हैं जो बीमार हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभावों के लेकर फैलाये जा रहे अफवाहों से गुमराह न हों डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसे मंजूरी देने से पहले किसी भी प्रोटोकॉल के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा साउंड बाईट भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है वैक्सीन का डेवलप्मेंट भी इसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है सबसे प्राइम हम लोगों का क्राईटीरियाअगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है ऐपीकेसी है उसकी इम्यूनो वैनेसिटी है और इनमें से किसी भी चीज के उपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है देशवासियों से अपील है कि यह वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये है इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंडमें मिसकंसेप्शन्स ना बनायें स्वास्थ मंत्री ने कहा कि टीके को लेकर आम लोगों में हिचक पोलियो टीकाकरण के दौरान भी देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास चार राज्यों में पहले किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक क ेआधार पर चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाये जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब दो हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार किया गया है कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने बताया कि टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया है उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य टीकाकरण की तैयारियों को परखना था इसके अलावा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को विन एप्लीकेशन की भी जांच की गई पूर्वाभ्यास में नियोजन और क्रियान्वयन के बीच संबंध तथा आगे के चुनौतियों को भी देखा गया

जो प्रेक्टिकल गाइडलाइन्स हैं कि एक वैक्सीन में एक्टिविटी कैसी होगीब्रथ किस तरह से सैटअप किया जाएगा फैशन कैसे किया जाएगा फैशन प्लानिंग कैसे होगी कौन क्या करेगा क्या डेटा देखा जाएगा लेकिन ये तैयारी डिफरेंट पीसेज में हैं उसको चलते हुए देखना है एज एसीमलैस सिस्टम एज ए सीमलैस अंडरटेकिंग को टेस्ट करने केलिए अब ये प्रावधान किया है कि सारे देश में एक मौकड़िल होगी या ड्राई रन होगा जोहमें ये सब जितने स्टेप्स हैं उनकों हम लागू करेंगे और देखेंगे कि कहा किस तरहसे फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जिसके बेस के ऊपर रिफाइंडमेंट ऑफ़ स्ट्रेटेजिक किया जाएगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन सौ संतानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ उन्नीस मामले पटना जिले से सामने आये हैं नवादा से तेईस मुजफ्फरपुर से सत्रह और बेगूसराय तथा नालंदा से सोलह सोलह नये मामलों की पुष्टि की गयी है प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार छह सौ उनहत्तर है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में चार सौ नब्बे मरीजों के ठीक होने के साथ ही महामारी से स्वस्थ होने की दर भी संतानवे दशमलव छह एक प्रतिशत हो गई है अब तक राज्य में लगभग दो लाख सैंतालीस हजार पांच सौ नवासी मरीज संक्रमण से ठीक हुए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए साउंड बाईट हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टॅस मेंटेन रखना है मास्क रखना है अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहना है हमें समझना भी होगा कि एक बार में इतने वैक्सीनेशन नहीं बन सकते इस लिए वैक्सीनेशन आ भी जाये तो उसके लिए जो गर्वमेंट प्रॉयटी दे उसको ध्यान से सुनें और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें राज्य में मार्च से मई के बीच होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिये पहली जनवरी को अठाहर वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बन सकते हैं राज्य निर्वाचन अयोग ने इसके लिये पहली फरवरी तक आवेदन लेने की घोषणा की है आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि मतदाता प्रपत्र भरकर मतदाता सूची में पात्र अपना नाम शामिल करवा सकता है मतदाता सूची का प्रकाशन उन्नीस जनवरी को किया जायेगा दावा आपत्ति निराकरण के लिये बीस जनवरी से आठ फरवरी तक समय तय किया गया है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन उन्नीस फरवरी को किया जायेगा राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कक्षा नौ से ऊपर वर्ग के लिए सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को कल से खोलने का निर्देश दिया है कोरोना गाईडलाइन के अनुसार अभिभावकों से अनुमति पत्र लेकर आने वाले विद्यार्थियों को ही स्कूल में प्रवेश दिया जायेगा सोमवार से ही कॉलेज भी खुल जायेंगे यह निर्णय राज्य सरकार के आपात प्रबंधन समूह ने लिया है शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा है कि यदि सब कुछ अच्छा रहा तो निचली कक्षाओं को अठारह जनवरी से खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनुमति दी जाएगी श्री कुमार ने कहा कि सभी निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की कोविड उन्नीस दिशा निर्देशों का पालन करने और अपने परिसर को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी होगी सभी स्कूलों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र को दो दो फेस मास्क मुफ्त प्रदान किए जाएंगे गौरतलब है कि प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल तथा कोचिंग संस्थान कोविड उन्नीस के कारण पंद्रह मार्च से बंद थे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में ठंड और कनकनी बढ़ गई है हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री नीचे आ गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे

वहीं पटना का न्यूनतम तापमान छह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र की नवगठित कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री सिन्हा को सदस्य मनोनित किया है भारत प्रक्षेत्र की इस कार्यकारिणी समिति में बिहार के अलावा छह राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को रखा गया है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि वित्त और वाणिज्य विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में काफी बेहतर कार्य किया है श्री प्रसाद ने कटिहार जिले के विकास भवन सभागार में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में कहा कि वाणिज्य विभाग की ओर से इस वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह तक लगभग इक्यासी प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं का कार्य अधूरा रह गया है उसे जल्द से जल्द पूरा करें जनता दल यूनाईटेड की राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की संयुक्त बैठक पटना में दस जनवरी को होगी पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद से जुड़े सौ से अधिक नेता शामिल होंगे जदयू के पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह करेंगे भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम सहित देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में नामांकन के लिये आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का परिणाम जारी कर दिया गया है इस परीक्षा का आयोजन उनतीस नवंबर को किया गया था कैट दो हजार बीस परीक्षा में पटना के आदित्य कुमार ने सफलता हासिल करते हुये ओवरऑल निन्यानवे दशमलव पांच दो परसेंटाइल प्राप्त किया है परीक्षा परिणाम की जानकारी के लिये संस्थान की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करा दी गई है प्रदेश के सभी विद्यालयों और आगंनबाड़ी केन्द्रों में नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति शीघ्र शुरू की जायेगी इस योजना को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सभी जिलों में संबंधित वार्ड से पाईप का विस्तार कर विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में नल जल की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया है सारण जिले के सोनपुर के गोपालपुर गांव स्थित गंगा नदी में अचानक कटाव से चालीस फीट से अधिक की जमीन गंगा में समाहित हो गई है गोपालगंज जिले के थावे और मंझागढ़ में विशेष अभियान के दौरान लूटी गई वाहनों और हथियार के साथ नौ अपराधी को गिरफ्तार किया गया है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 हिन्दुस्तान ने राज्य में कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है बिहार में टीकाकरण किसी भी दिन हो सकता है आरंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने राज्य में कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास को सफल बताया दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है स्वदेशी कोवैक्सीन को भी मंजूरी भारत को कोविशील्ड की मिलेगी चार करोड़ डोज दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना हाई कोर्ट में सीमित केसों की कल से फिजिकल सुनवाई फिलहाल दो हफ्ते के लिये की गई व्यवस्था प्रभात खबर लिखता है अब बैंकों से कर्ज लेना होगा आसान जनवरी से सभी प्रखंडों में शुरू होने जा रहा है काउंसेलिंग सेंटर आज अखबार ने लिखा है स्मार्ट प्री पेड मीटर का भी बिजली बिल मिलेगा राष्ट्रीय सहारा ने किसान आंदोलन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है मांगे नहीं मानी तो छब्बीस जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड

बिहार में चार लाख उनतालीस हजार स्वास्थ्यकर्मियों को फ्री वैक्सीन दी जायेगी

विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं चलेंगी और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में ठंड और कनकनी में वृद्धि